कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने किसान संगठनों को लिखे पत्र में उनसे मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत का आग्रह किया है किसान नेताओं ने कृषि कानूनों के कृछ प्रावधानों को संशोधित करने के सरकार के मसौदा प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और बैठक में भाग लेने से इंकार कर दिया था इसके बाद किसानों और सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत रद्द हो गई थी

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास कर अधिकाधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है जिससे आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लक्ष्य को जल्दी हासिल किया जा सके महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के बारे में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उद्योगों में महिलाओं का रोजगार प्रतिशत बढ़ाएंगे इसके लिए उद्योगपतियों से चर्चा कर नीति तैयार की जाएगी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि रायसेन जिले के जमुनिया को नया इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाया जाएगा

ये जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी वे कल सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील के ग्राम भिलाई में जनजातीय परिवारों को वनाधिकार पट्टों का वितरण कर रहे थे उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र की सीप नदी सिंचाई परियोजना में अब किसी की भी जमीन डूब में नहीं आएगी तथा परियोजना से पाइप के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा

इनमें इछावर आष्टा नसरूल्लागंज एवं बुधनी के वनवासियों को वनाधिकार पट्टे दिए गए

जनजातीय बहुल क्षेत्रों में कॉलेज खोले जाएंगे

इससे लाड़कुई सहित आस पास के बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई आसान हो जाएगी

हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश में विकसित टीके की सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न चरणों में ट्रायल जारी हैं सरकार खरीफ सरकार चालू खरीफ विपणन मौसम में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर लगातार खरीद कर रही है

हरियाणा में होने वाले इन खेलों में गटका कलरी पयद्व तांग टा और मलखम्बा की स्पर्धाएं भी होंगी खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि देश में स्वादेशी खेलों की समृद्ध विरासत है और खेल मंत्रालय इन खेलों के संरक्षण प्रोत्साकहन और लोकप्रियता को प्राथमिकता दे रहा है उन्होंने कहा कि इन खेलों के खिलाडियों के लिए खेलो इंडिया से बेहतर कोई मंच नहीं है कलरी पय्टू केरल का खेल है जो दुनियाभर में खेला जाता है मलखम्ब भी देशमर में लोकप्रिय है लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में यह ज्यादा प्रसिद्ध है गटका मूल रूप से पंजाब का खेल है जो निहंग सिख योद्वाओं की पारंपरिक युद्ध शैली है और खेल के साथ साथ आत्म रक्षा के रूप में उपयोग किया जाता है तांग टा मणिपुर का मार्शल आर्ट है